वार्ता में क्रषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों पर विचार विमर्श होगा सरकार ने दोहराया है कि वह स्पष्ट लक्ष्य और खुले मन से किसानों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का युक्तिसंगत समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है

उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार तत्परता और प्रतिबद्दता के साथ किसानों और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कार्य करना जारी रखेगी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि जाति और आय जैसे प्रमाणपत्र आवेदन करने के पन्द्रह दिन के भीतर जारी नहीं किए गए तो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी बर्खास्त कर दिए जाएंगे सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने ऐसे प्रमाणपत्रों के ऑनलाइन आवेदन के लिए झारसेवा पोर्टल की भी शुरूआत की मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में जनवरी के पहले सप्ताह से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी इसके लिए जेपीएससी की नई नियमावली बनाई गई है उन्होंने कहा कि अनुबंधकर्मियों के प्रति सरकार संवेदनशील है

यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा इस परियोजना के लिए दो सौ एक एकड़ भूमि आवंटित की गई है

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश अपने आत्म सम्मान को चोट पहंचाने वाली किसी भी बात को सहन नहीं करेगा एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री सिंह ने कहा कि भारत अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता उन्होंने कहा कि हमारी विनम्रता का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी हमारे आत्मसम्मान पर हमला करे और हम शांत बैठकर देखते रहें रक्षामंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा नरेन्द्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार सुरक्षाबलों को अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया करा रही है

इस समय कुल संक्रमित लोगों के केवल दो दशमलव पांच छह प्रतिशत में ही संक्रमण मौजूद है

इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या एक करोड दो लाख से अधिक हो गई है इस समय कोविड मृत्यु दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है

देश ने कोविड जांच के मामले में एक और उपलब्धि हासिल की है

सुचना मंत्री ने कहा कि इस योजना से लड़कियों का भविष्य उज्ज्वल होना सुनिश्चित है

इसके साथ ही यहां कुल संक्रमितों की संख्या एक लाख चौदह हजार छह सौ पचास हो गई है हालांकि इनमें से एक लाख बारह हजार इक्कीस संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में संक्रिय मामलों की संख्या एक हजार छह सौ चार है पिछले चौबीस घंटे में दो सौ तीन मरीजों ने इस वैश्विक महामारी को मात दी है इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर सनतानबे दशमलव सात शून्य प्रतिशत हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है

मंत्रालय ने कहा कि सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अंतर्गत किसानों से एम एस पी पर धान की खरीद कर रही है

केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल समुद्री डेटा प्रबंधन के लिए अपनी तरह के पहले वेब आधारित ऐप डिजिटल ओशन की शुरुआत की इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि डिजिटल ओशन भारत को डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना की दिशा में एक बड़ा कदम है उन्होंने कहा कि समुद्र अनंत जानकारियों का भंडार है और डिजिटल ओशन समुद्र की इस जानकारी को नीति निर्माताओं शोध संस्थानों संचालन एजेंसियों और समुद्री व्यापार से जुड़े उद्योग जैसे उपयोगकर्ताओं के साथ साझा करने में मदद करेगा डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि डिजिटल ओशन जनता और आम आदमी को समुद्र से जुड़ी जानकारी मुफ्त में उपलब्ध कराएगा डिजिटल ओशन के फायदों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह समुद्र के सतत प्रबंधन और समुद्र से जुड़ी अर्थव्यवस्था के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा

पूर्वी सिंहभूम जिले के पीपला पंचायत स्थित इंद्र माटी गांव के युवा विट्न महतो सब्जी की खेती शुरू कर अपने और अपने परिवार के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की राह तैयार की है

रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकिदरी स्थित केझिया घाटी में आज तड़के तीन वाहन बस ट्रक और कार अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गए इस हादसे में दर्जनों लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज गोला उपस्वास्थ्य केन्द्र में चल रहा है प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद ट्रक का उपचालक वाहन में बूरी तरह फंस गया था जिसे गैस कटर मशीन के जरिये ट्रक को काटकर बाहर निकाला गया

और सरकार ने उसके उपर दस लाख रूपये का इनाम घोषित कर रखी थी

अंतिम तिथि को देखते हुए पिछले चौबीस घंटों में चौदह लाख लोगों ने रिर्टन दायर किया है

डिजिटल इंडिया विजन के लक्ष्य के अनुसार नामांकन से लेकर जांच और पुरस्कार प्रदान करने के समारोह की पूरी प्रक्रिया को पहली बार ऑनलाइन अंजाम दिया जा रहा है